रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार रक्षा सेनाओं की जरूरते पूरी करने के लिये वचनबद्व

जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जो हमने सुना उसमें दुर्भाग्य से विश्व का निर्मम चित्रण किया गया

उन्होंने कहा कि महासभा के इस मंच का ऐसा दुरूपयोग शायद ही कभी देखा गया हो सीधे शब्दों में कहें तो यह नफरत भरा भाषण था

श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पिछले कुछ दिनों में विविध कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी का लाभ देश और विकास कार्यक्रमों को मिलेगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा

देश में ही निर्मित कालवेरी की दूसरी श्रेणी की डीजल बिजली पनडुब्बी आई एन एस खंडेरी का मुंबई में जलावतरण करने के बाद श्री सिंह ने ये बात कही

उन्होंने कहा कि आई एन एस खंडेरी उसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने सर्वेभवन्त् सुखिन की नीति पर चलते हुए कभी भी किसी देश पर पहले आकमण नहीं किया

राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस दौरान उपस्थित रहे

पार्टी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान और समकालीन युग में उनके सिद्धांतो और आदर्शो की प्रासंगिकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा श्री पायलट ने बताया कि इसी दिन पार्टी की सदस्यता अभियान को गति देने के लिये एक अभियान भी शुरू किया जायेगा सवाईमाधोपुर बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये

इस कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष सीपीजोशी ने आकाशवाणी को बताया कि वर्तमान दौर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर कई सारी चुनौतियां हैं

उन्होंने जमवारामगढ़ में गौण मंडी यार्ड स्थापित करने की मंजूरी देने के साथ ही इसकी अधिसुचना के प्रारूप को भी स्वीकृति दी है

श्री गहलोत ने छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए पांच करोड़ रूपये मंजूर किये हैं

जिसके लिए इफको कुभको और आईपीएल के माध्यम से राजफैड़ ने कार्यवाही शुरू कर दी है

उन्होंने बताया कि नाबार्ड की तकनीकी प्रोजेक्ट कंसलटेन्सी एंजेसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर जयपुर और अलवर में राजफैड़ की भूमि पर गोदाम निर्माण किया जाएगा सभा को सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने भी संबोधित किया उन्होने कहा कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों को मूल व्यवसाय के साथ विविधता लानी होगी जिससे किसानों को आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा सके

डॉ कल्ला आज बीकानेर के मूरली मनोहर गोशाला में राजस्थान गौ सेवा परिषद की ओर से आयोजित एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि गौशालाओं के संचालकों तथा गौपालकों को जैविक खाद के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए इससे गौ आधारित ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था पुनस्थापित की जा सकेगी साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी होगी इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि हमें एक बार फिर से पूरातन खेती की ओर जाना होगा जिस तरह हमारे पूर्वज गोबर की खाद से खेती करते थे और उपज लेते थे उसी तर्ज पर हमें भी गोबर खाद का उपयोग करना होगा

प्रदेश भर में घर घर घट स्थापना की जायेगी और मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवरात्र स्थापना के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं दी है श्री गहलोत ने कहा कि नवरात्र का यह पर्व हमें मात शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने की प्रेरणा देता है उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के नौ रूप सांकेतिक रूप से मात शक्ति की विविधता और महत्ता को बताते हैं उदयपुर जिले के खैरवाड़ा में आज सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से तीन बच्चों की मौत हो गई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में दो दिन से बरसात हो रही है सुबह करीब आठ बजे क्षेत्र के थोवाबाड़ा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की दीवार गिरने से इसमें दबकर तीन बच्चों की मृत्यु हो गई शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सुपुर्द कर दिये गये हैं

इस मौके लोगो ने सरोवर पर श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन पित्रों का तर्पण एवं पिंडदान तथा दानपुण्य किया अजमेर के श्रीनगर रोड क्षेत्र में मानव तस्कर रोधी यूनिट ने आज दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया

बाड़मेर जिले के समदड़ी इलाके में कार रेसिंग के दौरान हये सड़क हादसे की प्रशासनिक जांच के लिये जोधपुर संभागीय आयुक्त बी एल कोठारी कल समदड़ी पहुंचेंगे प्रतापगढ के एलबीएस महाविद्यालय में एनीमिया और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर आज एक कार्यशाला आयोजित की गई

ब्रंदी जिले में भी आज बरसात का दौर जारी रहा

शिविर का शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी ने किया